मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सरकारी प्रवक्ता ने लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य कर्मचारियों राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणैत्तर कर्मचारियों स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान किया जायेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से की जा रही धान खरीद से पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं उन्होंने पराली जलाने से प्रदूषण पर होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिये कृषि विभाग से किसानों को निरन्तर जागरूक करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि पराली जलाने की कार्यवाही पर किसानों के साथ कोई द्व्यहार अथवा उत्पीड़न न किया जाये

इस बीच किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी शुल्क की दर को दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किये जाने के निर्देश दिये गये है

मंडियों के विकास के लिये लिया जा रहा आधा प्रतिशत शुल्क यथावत रहेगा राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने आज राजभवन में कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं ने मिलकर आम जनता एवं प्रवासी श्रमिकों के भोजन तथा परिवहन की व्यवस्था करके उन्हें मदद पहुंचायी इसके लिये लखनऊ के जिलाधिकारी एवं गर सरकारी संस्थाएं बधाई के पात्र है इनका सम्मान करना हमारे लिये गौरव की बात है उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय रहते सूरक्षात्मक एवं आवश्यक कदम उठाने से प्रदेश में कोरोना से हुई मृत्युदर देश में सबसे कम है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशनर्स के लिये जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये आनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए इस व्यवस्था को पेंशनर्स के लिये सुविधाजनक बनाया जाये

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारो देते हुए बताया कि डाक विभाग के अन्तर्गत इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र की सूविधा उनके घर पर उपलब्ध कराई जा रही है इसके तहत डाकिये अथवा ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा स्मार्ट फोन और बायेमैट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करके खाताधारक को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है मूख्यमंत्री ने ठंड को देखते हुए राहत आयुक्त कार्यालय को पूरे प्रदेश में रैन बसेरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा है कि अगले तीन दिनों में रैन बसेरों की सुरक्षा तथा साफ सफाई का प्रबंध करते हुए इन्हें स्थापित कर दिया जाये रैन बसेरों में गार्ड की भी व्यवस्था की जाये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि नगर मजिस्ट्रेट तहसीलदार तथा थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करे कि फुथपाथ पर सोये लोगों को रैन बसेरों में पहुंचाया जाये साथ ही कम्बल वितरण तथा अलाव जलाने के लिये सभी आवश्यक प्रबंध अभी से कर लिये जाये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

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर विभिन्न समूहों की फोकस टेस्टिंग का कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किया जाये उन्होंने कहा कि डेंगू सहित विभिन्न संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिये एंटी लार्वा रासायनों का नियमित तौर पर छिड़काव और फागिंग का कार्य भी लगातार संचालित किया जाये प्रदेश भर में कारोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है हमीरपुर जनपद में भी कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करने और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था से जहां कोरोना के मामल घट रहे हैं वहीं बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं

कोरोना की बीमारी के बचाव और उपाय के प्रति लोंगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है शिवकुमार सेठी आकाशवाणी समाचार हमीरपुर

स्वस्थ लोगों की संख्या लगातार बढने से कुल संक्रमित लोगों में से केवल छह दशमलव एक नौ प्रतिशत में ही संक्रमण मौजूद है

इस समय देश में मृत्युदर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत है

इस वर्ष करीब पांच लाख इक्यावन हजार दीये रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के सभी मानकों का पालन किया जाएगा खादी की ऑनलाइन बिक्री ने इस दीवाली पर दीया बनाने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा कि आयोग इन दीयों को खरीदने पर दस प्रतिशत की छूट भी दे रहा है

आयोग दिल्ली और दूसरे शहरों में अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से दीयों और मिट्टी से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और अन्य सजावट के सामान भी बिक्री के लिए उपलब्ध करा रहा है ये मूर्तियां वाराणसी राजस्थान हरियाणा और अन्य राज्यों में कुम्हारों द्वारा बनाई जा रही है और इस व्यवसाय से जुडे लोगों को अच्छी आय भी प्रदान कर रहा है